केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल ने देश की सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच तालमेल पर दिया बल मुख्य सचिव ने केंद्रीय दल के चार जिलों के प्रस्तावित दौरे को लेकर सभी उपायुक्तों को दिए जरूरी निर्देश केंद्र की आयुष्मान भारत योजना सोलन जिले के गरीब वर्ग के लिए बनी मददगार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल स्टार्टअप योजना प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगी वे आज शिमला में स्टार्टअप यात्रा वाहने को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उददेश्य रोजगार व स्वरोजगार सुजित करना और उद्यमियों के कौशल उन्नयन सहित उन्हें अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान करना है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद राम स्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे जयराम इस बीच शिमला में भारत स्काउट्स और गाइड्स की राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काउट स एंड गाइड्स समाज में रचनात्मक भूमिका निभाते हैं मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों व अध्यापकों से नियमित तौर पर स्काउट स और गाइड्स की गतिविधियों में भाग लेने का आहवान किया जयराम ठाकुर ने विद्यार्थियों में बढ़ती नशे की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए स्काउटस व गाइडस को इसे खत्म करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी विचार व्यक्त किए सीएम इधर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय अभियान के तहत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता की अध्यक्षता भी की इस मौके पर उन्होंने धरती को विनाश से बचाने के लिए ऊर्जा संरक्षण को जरूरी बताया जयराम ठाकूर ने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा बचाने को लेकर युवा पीढ़ी में ऊर्जा संरक्षण की आदत डालनी चाहिए उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा एसजेवीएन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे सम्मेलन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय और राज्य स्तरीय सांख्यिकीय संगठनों का दो दिवसीय सम्मेलन आज धर्मशाला में शुरू हुआ के ंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री विजय गोयल ने सम्मेलन का शुभारम्भ किया इस मौके उन्होंने देश की सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच तालमेल के महत्व पर बल दिया केंद्रीय मंत्री ने देश में सांख्यिकी एजेंसियों द्वारा लाए गए विभिन्न आधिकारिक आंकड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की जरूरत भी बताई विजय गोयल ने सम्मेलन में मौजूद प्रतिभागियों से आंकड़ों के संबंध में सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाने वाला रास्ता निकालने को कहा उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने के साथ साथ प्राप्त लक्ष्य का आंकलन भी जरूरी है केंद्रीय मंत्री ने नीति निर्माता और योजनाकारों के लिए सही डाटा उपलब्ध करवाने पर बल दिया सम्मेलन में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर भी मौजूद रहे

वीरेंद्र कंवर भारत सरकार के पंचायती राज मन्त्रालय द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य के पंचायती राज संस्थानों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला परिषद दो पंचायत समितियों तीन ग्राम पंचायतों और एक ग्रेाम सभा को प्रदान किए जांएगे उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ पंचायत को भी पुरस्कृत किया जाएगा

मुख्य सचिव मुख्य सचिव बी के अग्रवाल ने सर्दियों की तैयारियों और बरसात के दौरान प्रदेश को हुए नुक्सान के आकलन के लिए केंद्रीय दल के दौरे को लेकर आज शिमला से सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफेस की मुख्य सचिव ने किसी भी घटना की उपयुक्त व तत्काल रिपोर्ट सुनिश्चित करने विशेष तौर पर जनजातीय और द्रदराज क्षेत्रों में संचार प्रणाली के सुधार पर बल दिया बीके अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय जिलों के सभी उपमंडल व जिला मुख्यालयों में वीएसएटी और सैटेलाइट फोन प्रदान करेगी उन्होंने मौसम की प्रतिक्ल परिस्थितियों के दौरान लोगों को एडवाइजरी जारी करने के लिए पंचायतों को शामिल करने की जरूरत भी बताई बीके अग्रवाल ने बताया कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही जनजातीय क्षेत्रों को हेलिकॉप्टर उड़ानों का प्रबंध किया जाएगा

राजीव सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों व अभिभावकों के बीच नियमित संवाद कार्यक्रमों के आयोजन पर बले दिया है कसौली निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के समग्र विकास में अध्यापकों व अभिभावकों का अहम योगदान रहता है राजीव सहजल ने कहा कि नियमित संवाद व बैठकों से जहां छात्रों की प्रगति व क्रियाक्लापों का अनुश्रवण होता है वहीं विचार विमर्श के माध्यम से अनेक कमियों को दूर किया जा सकता है उन्होंने इस दिशा में सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों का अनुसरण करने का सुझाव दिया सहजल ने छात्रों से कठिन परिश्रम कर जीवन में आगे बढ़ने का आहवान किया इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया आयुष्मान केंद्र सरकार की जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीब व मध्यम वर्ग के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है इसके तहत विभिन्न बीमारियों पर मरीजों को पांच लाख रुपए तक निश्ल्क नकदी रहित इलाज का प्रावधान है सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में गोल्डन कार्ड बनवाने का कार्य जारी है सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में अपना इलाज करवा रही महिलाओं ने योजना को गरीब व मध्यम वर्ग के लिए काफी लाभदायक बताया है

वे आज जिले के जमटा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली जमटा नवणी और जमटा कांडोकतयान सड़कों के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे

समीक्षा बैठक शिमला जिले की ठियोग हाटकोटी सड़क निर्माण कार्य को लेकर विधानसभा में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा की अध्यक्षता में आज शिमला में एक समीक्षा बैठक हुई उन्होंने इस मार्ग पर भूस्खलन के कारण जगह जगह गिरे मलबे को शीघ हटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए बरागटा ने पट्टी ढांक के पास हुए भारी भूस्खलन और हिमपात की आशंका को देखते हुए यहां पर्याप्त मशीनरी व श्रम शक्ति लगाकर जल्द साफ कराने को भी कहा बैठक में राष्ट्रीय उच्च मार्ग लोक निर्माण विभाग और राज्य सड़क अधोसरंचना निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे

जिला मीडिया प्रभारी इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों की मांगों के अनुसार विकास कार्यों के लिए बजट प्रावधान सुनिश्चित बनाया है

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा जिले में चुराह निर्वाचन क्षेत्र की ऑयल पंचायत में जनसमस्याए सुनी इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने उन्हें हाल ही में हुई भारी वर्षा और बर्फबारी से मक्की व मटर की फसल को हुए नुक्सान के बारे में अवगत करवाया उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष से जरूरी राशन उपलब्ध करवाने और फसलों को हुए नुक्सान की भरपाई करने का आग्रह भी किया